और प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हुआ

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि एक राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने चार एक के बहुमत के फैसले में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य केन्द्रशासित प्रदेशों में एससी एसटी के बारे में केन्द्रीय आरक्षण नीति लागू होगी इन जगहों पर सबों को आरक्षण का लाभ मिलेगा वहीं मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने से संबंधित मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की अब स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी इस संबंध में सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में दिये गये अर्जी को मंजूर कर लिया गया है जांच एजेंसी ने कई पत्रों का हवाला देते हुये केस को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में स्थानांतरित करने का आवेदन दिया था इधर जिले की एक अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर कोर्ट परिसर में स्याही फेंके जाने पर नगर थाने से रिपोर्ट मांगी है ब्रजेश ठाकुर ने यह परिवाद जेल में रहते हुये दर्ज करायी है इसमें जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव पार्टी नेता प्रिया राज और शीतल गुप्ता को आरोपी बनाया गया है गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के गंगो बिगहा मुहल्ला स्थित अतरी से राजद विधायक कृंती देवी के आवास पर पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास से दो देसी कारबाईन एक देसी पिस्तौल और छह कारतूस बरामद किये गये हैं श्री मिश्रा ने बताया कि इस दौरान दो लोग भागने में सफल रहे जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है तीनों अवैध हथियार बेचने का धंधे में शामिल हैं उन्होंने बताया कि इस मामले में विधायक के पुत्र के साले की भी संलिप्तता पायी गयी है टीईटी के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के मुख्य आरोपी विजय कुमार तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि उसने यह बात स्वीकार की है कि उसमें पांच पांच लाख रूपये लेकर एक सौ शिक्षकों को बहाल कराया था उन्होंने बताया कि इस मामले में कई बोर्ड कर्मियों की भी संलिप्तता पायी गयी है एसएसपी ने बताया कि अमित कुमार तिवारी की सम्पत्तियों की जांच के लिए ईओयू को पत्र लिखा जायेगा पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी को दो सप्ताह के अंदर बंद करवाने का राज्य सरकार को आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह और न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लोक सभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया में इस संबंध में आ रही खबरें पूरी तरह निराधार है उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों के बीच कोई विवाद नहीं है एनडीए का लक्ष्य सिर्फ सभी चालीस सीटों पर जीत हासिल करना है केन्द्र सरकार ने खाद्य स्रक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य को छियालीस सौ करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी है केन्द्र ने पूर्व के बकाया राशि तीन सौ छप्पन करोड़ रूपये जल्द भूगतान करने का भी आश्वासन दिया है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस राशि से सभी जिलों में फूड सप्लाई चेन सिस्टम सेन्टर की स्थापना और पीडीएस दुकानों का कम्प्यूटराईजेशन किया जायेगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन है नये नियमों के अनुसार निर्धारित समय तक रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों पर पांच हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है आज बारह बजे रात तक आयकर विभाग के कार्यालयों में रिटर्न भरा जा सकता है प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है फिलहाल ये राज्य के उत्तरी हिस्से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं में पूरी तरह सक्रिय है जिसके प्रभाव से रूक रूक कर बारिश हो रही है आज भी पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी मौसम विभाग के अनुसार कल से तेज बारिश होने की संभावना है इधर बारिश के दौरान भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र में वजपात से दो महिलाओं की मृत्यु हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पांच सितम्बर को होगी कल हुई सुनवाई के दौरान शिक्षक संघों ने अपना पक्ष रखा पांच सितम्बर को केन्द्र सरकार की ओर से अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल अपना पक्ष रखेंगे निगरानी जांच ब्यूरो ने शेखपुरा जिले के बरबीघा अवर विद्यूत कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंता रामाश्रय राम और बिजली मिस्त्री अजय कुमार को बीस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार कर्मी बिजली कनेक्शन देने के एवज में शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था रेलवे भर्ती बोर्ड ने सत्रह सितम्बर से आयोजित होने वाली ग्रुप डी परीक्षा का पैटर्न वेबसाईट पर अपलोड कर दिया है अभ्यर्थियों को नब्बे मिनट में एक सौ प्रश्न हल करने होंगे राज्य स्तरीय बीएड नामांकन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज की सुनवाई में अल्पसंख्यक कॉलेजों में नामांकन और कॉलेजों में खाली बचे सीटों पर नामांकन के लिए तिथि बढ़ाने जैसे मुद्दों पर फैसले की सम्भावना है प्रदेश में सोलह हजार पोस्टमैन की नियुक्ति होगी बिहार परिमंडल के डाक महाअध्यक्ष एई हक़ ने ये जानकारी दी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अनियमितता बरतने के आरोप में बक्सर जिले के सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है निदेशालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को नये सिरे से बहाली करने का निर्देश दिया है मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में तीन सितम्बर से पढ़ाई शुरू होगी विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक के साथ मार पीट की घटना के बाद विद्यालय प्रशासन ने बीस अगस्त को शाइन डाय की घोषणा की थी स्ट्रेंट क्रोडिट कार्ड योजना के तहत अब बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम के लिए भी शिक्षा ऋण दिया जायेगा मुंगेर जिले के जमालपुर के जुबली वेल चौक के पास से पुलिस ने तीन एकके सैंतालीस रायफल तीस मैगजीन और सात पिस्टल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है एसपी बाबू राम ने बताया कि हथियारों की स्थानीय अपराधियों को आपूर्ति की जानी थी राजधानी पटना स्थित पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास के साथ दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है बोधगया में बच्चों का यौन शोषण करने के आरोपी बौद्ध भिक्षु को पॉक्सो अदालत ने चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में स्नान के दौरान तालाब में डूबने से दो किशोरी और एक किशोर की मौत हो गयी पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस से एसएसबी ने बाईस बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों की अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है समस्तीपुर में गार्ड की हत्या तिरपन लाख लूटे दैनिक जागरण की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला एससी एसटी को राज्य से बाहर आरक्षण नहीं दैनिक भास्कर ने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में लिखा है पेशी के दिन कोर्ट में दरबार लगाता है टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय सेवा में लगे रहते हैं पुलिसकर्मी प्रभात खबर ने एशियाई खेलों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है पुरूष पन्द्रह सौ मीटर रेस में जॉनसन ने दिलाया छप्पन वर्ष बाद गोल्ड राष्ट्रीय सहारा लिखता है लालू ने सीबीआई कोर्ट में किया आत्मसमर्पण आज की सुर्खी है दो और तीन सितम्बर को बंद रहेंगे बैंक

और प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हुआ